मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले क्छ दिनों में कोविड के पॉजिटिव मामलों में हुई वृद्धि को देखते हुए चार जिलों में दो दिन लॉकडाउन लागू किया गया है आवश्यकता हुई तो आगे भी इस पर विचार किया जाएगा उन्होंने निर्देश दिये कि कोरोना संक्रमित लोगों को सही समय पर इलाज मिल जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू पर भी सतर्क और सावधान रहना है ब्रॉकडाउन इस बीच लॉकडाउन के दौरान आज दवा की द्वकानें पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां डेयरी मीट फल सब्जियों की दुकानें खुली रहीं साथ ही स्वास्थ्य चिकित्सा पेयजल ऊर्जा निगम के दफ्तर नगर निगम नगरपालिका औदयोगिक इकाइयां कृषि और निर्माण गतिविधियों को छूट दी गई हैं लॉकडाउन में आवश्यक वाहनों की आवाजाही छोड़कर सभी पर प्रतिबंध देखा गया वहीं अन्य राज्यों से किसी भी वाहन से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है राज्य की सीमा पर इसकी चेकिंग की जा रही है

देहरादुन और हरिद्वार जिलों में बाजार पूरी तरह बंद रहे व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें सड़कों पर भी यातायात कम नजर आया केवल आवश्यक वस्तुओं वाले प्रतिष्ठान ही ख्ले रहे उत्तराखंड का प्रवेश दवार माने जाने वाले हरिदवार के उत्तर प्रदेश से लगे नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया गया रुड़की के क्षेत्राधिकारी अभय सिंह ने बताया कि जिले की सभी सीमाओं को सील किया गया है केवल सामान ढोने वाले चौपहिया वाहनों इलाज कराने के लिए आने वाले लोगों के अलावा अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले यात्रियों को ही प्रवेश करने की अन्मति प्रदान की गई उधमसिंह नगर जिले में आवश्यक सेवाओं के अलावा टिड्डी दल के आक्रमण को देखते हुए पेस्टिसाइड की दुकानों को खोलने की भी इजाजत दी गई अपर जिलाधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि रामप्र से लगे बॉर्डर पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है जिससे कि बाहर से आने वाले यात्रियों का वहीं पर टेस्ट किया जा सके जो पॉजिटिव निकले उन्हें वहीं से वापस कर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि क्छ ही दिनों में काशीप्र ठाक्रद्वारा बॉर्डर एरिया पर भी यह व्यवस्था की जाएगी वेबीनार निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि गंगा भारतीयता की पहचान है इसे द्वनिया की सबसे स्वच्छ नदी बनाने के लिए नई पीढ़ी को सक्रिय रूप से भूमिका निभानी चाहिए गंगा संरक्षण पर केंद्रित राष्ट्रीय वेबीनार में उन्होंने हरिद्वार को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया उन्होंने कहा की स्पर्श गंगा की तर्ज पर ही स्पर्श हिमालय अभियान की आवश्यकता है केंद्रीय मंत्री ने य्वाओं का आहवान किया कि वे अपनी प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए रचनात्मक गतिविधियों का हिस्सा बनें उन्होंने वैज्ञानिकों और शोधार्थियों का आहवान किया कि वे गंगा के संरक्षण के लिए व्यापक कार्य योजनाएं तैयार करें

सीएम आईटीबीपी म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए सीमांत क्षेत्र विकास योजना और म्ख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया कल आईटीबीपी के महानिदेशक एसएसदेशवाल और अन्य अधिकारियों के साथ आइटीबीपी के संबंध में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकना जरूरी है उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में आईटीबीपी की चौकियों को नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अन्रोध किया जायेगा

मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अधिकारियों को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने कृषकों के जीवन स्तर में सुधार करने और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के निर्देश दिये

कोविड अपडेट उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता जा रहा है

मौसम प्रदेश में हो रही बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है बारिश से नदियां उफान पर है और पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों पर मलबा गिर रहा है देहरादून पौड़ी नैनीताल चंपावत पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कई ग्रामीण मार्ग और कुछ अन्य मोटर मार्ग बाधित हैं ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेरपानी और ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग तोतापानी के पास बाधित है चंपावत जिले में रात को हई मूसलाधार बारिश से राष्ट्रीय महामार्ग टनकप्र चंपावत तीन जगह भारी मलबा आने से बंद हो गया यहां बेल खेत के पास खड़ी कार पहाड़ से आये भारी मलबे में बह गई वही तेज बारिश से खटोली गांव का पैदल पृल भी बह गया वही शारदा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है उधर पिथौरागढ़ जिले से मुनस्यारी धारचूला और डीडीहाट विकासखंड में लगातार बारिश से कई मोटरमार्ग मलबा गिरने से यातायात के लिए बाधित है मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में उधमसिंह नगर नैनीताल चंपावत पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बागेश्वर टिहरी और हरिदवार में भारी बारिश की संभावना जताई है कन्वेयर मशीन उदघाटन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में कुड़े के निस्तारण के लिए ट्रोमल कन्वेयर मशीन का उदघाटन किया

काबीना मंत्री ने कहा की इससे जिले के लोगों की सालों से चली आ रही कूड़े की समस्या का समाधान होगा उन्होंने कहा कि नगर निगम दवारा बायोगैस प्लांट लगाने की प्रक्रिया श्रू हो गई है

योजना के अधीक्षण अभियंता श्रवीर सिंह तोमर ने बताया कि जिले में सोलह मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रा हो गया है शिप्रा पाठक नदी की स्वच्छता को बनाये रखने के लिए जनजागरूकता फैला रहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं की शिप्रा पाठक ने कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की

इस मुहिम के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित भी किया

यह परिक्रमा उन्होंने मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से श्रू की थी जो महाराष्ट्र गुजरात छतीसगढ़ होते हए वापस मध्यप्रदेश में आकर पूरी हई इस यात्रा का लक्ष्य लोगों को जल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है